प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायू प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निजी वाहनों की तुलना में सार्वजनिक वाहनों के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया है श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के पहले वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन करते हुए कहा कि स्वच्छ मोबिलिटी का अर्थ वातावरण को प्रद्षणरहित बनाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है श्री मोदी ने क्लीन किलोमीटर्स के विचार को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि मोबिलिटी शहरीकरण का मुख्य केन्द्र है और इससे आर्थिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलती है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वच्छ और कम ऊर्जा की खपत वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है नीति आयोग की ओर से आयोजित दो दिन के इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के शहरों को प्रद्षण मुक्त बनाने पर चर्चा करना है

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन एसआईएएम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बिजली चालित वाहनों तथा एथनॉल बायोडीजल सीएनजी मिथेनॉल और जैविक ईंधन का उपयोग करने वाले ऑटो रिक्शा बसों और टैक्सियों समेत सभी वाहनों को परमिट की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और चिकित्सा कोन्द्र खोले जाएंगे नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किफायती स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं और सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने पर काम कर रही है श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए कई कदम उठाए हैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में होगी बैठक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी संबोधित करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की यह पहली बैठक होगी इसमें सभी राष्ट्रीय और राज्यों के कार्यसमिति के सदस्यों को भाग लेने की संभावना है खेलो इंडिया कार्यक्रम के परिणाम राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दिए हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में खेलमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के शानदार परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देंगे

ये तो शुरू से लगातार और हमें पूरा विश्वास है कि अब जब खेलो इंडिया जैसी स्कीम अगले दस साल चलेगी तो आप देखिएगा क्या बदलाव पूरे भारत में आएगा कर्नल राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं की सराहना की उन्होंने कहा कि देश के नब्बे प्रतिशत एथलीट ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए धन की कभी भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी

बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायणपीपर गांव के गोरिया धर्मशाला के पास ग्रामीणों ने पीट पीटकर तीन अपराधियों की हत्या कर दी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों अपराधी हथियारों से लैस होकर प्राथमिक विद्यालय से एक छात्रा का अपहरण कर भाग रहे थे जब स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उनकी पिटायी कर दी इस बीच स्कूल परिसर में घास काट रही कुछ महिलाओं ने हल्ला कर दिया इसके बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को पकड़कर लाठी डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दी मारे गये अपराधी रोसड़ा और कुम्भी गांव के रहने वाले बताये जाते हैं पुलिस मामले की जांच कर रही है जहाज़ रानी मंत्रालय ने कहा है कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत नियुक्तियों के लिए कुछ फर्जी वेबसाइट के माध्यम से गलत और भ्रामक प्रचार किये जा रहे हैं मंत्रालय ने फर्जी वेबसाइट सागरमाला डॉट ओआरजी डॉट इन के माध्यम से अभियंता प्रशिक्षु और डिप्लोमा प्रशिक्षु के लिए प्रकाशित विज्ञापन को पूरी तरह गलत बताया है मंत्रालय ने कहा है कि सागरमाला कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट सागरमाला डॉट जीओवी डॉट इन है और इसी से किसी प्रकार की सूचना ली जा सकती है कैमूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय को इक्कीसवें राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विद्यालय को पुरस्कार प्रदान किया गया दूसरा पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के सोलन और तीसरा उत्तर प्रदेश के औरेया नवोदय विद्यालय को प्रदान किया गया गंगा प्रनपुन घाघरा गंडक ब्रढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के दीघा घाट गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान से एक से दो मीटर तक ऊपर चली गयी है वहीं भागलपुर के कहलगांव में यह लाल निशान से लगभग पौने दो मीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी में उफान के कारण बेगूसराय जिले के साम्हो प्रखंड और बक्सर जिले के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मुंगेर े और वैशाली जिले के कई गांव के निचले हिस्से बाढ़ के पानी से घिर गये हैं इधर पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर है वहीं घाघरा नदी सिवान के दरौली और गंगपुर सिसवन में गंडक नदी गोपालगंज के ड्रमरिया घाट में और बूढ़ी गंडक खगड़िया में लाल निशान को पार कर गयी है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में खतरे के निशान से ऊपर है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान कई स्थानों पर तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं सुपौल के भीम नगर और वीरपुर में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश हुई है प्रदेश के सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा लोक अदालत में दिवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा होगा चर्चित एके सैंतालीस रायफल तस्करी कांड में मूंगेर पूलिस ने तीन और एके सैंतालीस रायफल बरामद किये हैं पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में गिरफ्तार आयुध डिपो के पूर्व कर्मचारी पुरूषोत्तम लाल दास की निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित एक घर से तीनों हथियारों को बरामद किया गया इसके बाद बरामद होने वाले हथियारों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की सारण इकाई के तत्वावधान में आज वैशाली जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उखरौल में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम को पटना स्थित राजकीय तिब्बी और यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद आरओबी पटना के निदेशक विजय कुमार पीआईबी पटना के निदेशक दिनेश कुमार और स्थानीय सीडीपीओ बबीता राय ने संबोधित किया भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के हरिदपुर दियारा गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के बीस बच्चे मध्याहन भोजन खाने से बीमार हो गये इनमें से ग्यारह बच्चों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कटिहार मोड़ के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत से आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया स्थिति अभी नियंत्रण में बतायी जाती है मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना गांव से पुलिस ने एक सौ पचहत्तर कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं शेखपुरा जिले के धर्मपुर गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने पांच लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जहानाबाद जिले के मखद्मपुर थाना क्षेत्र के कायमगंज गांव में मिट्टी के मकान की दीवार गिरने से दंपति की मौत हो गयी जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के करघरा गांव से पुलिस ने एक अपराधी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है ख़ुले में शौच से मुक्त घोषित शेखपुरा जिले में अब ओडीएफ प्लस अभियान चलाया जायेगा इसके तहत जिले में कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जायेगा